इसमें पार्टी ने गरीबों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी और रोजगार उपलब्ध करवाने के वायदे किए हैं

प्रतिक्रिया इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को जनता को गुमराह करने वाला करार दिया है एक बयान में उन्होंने कहा कि देश की जनता भलीभांति जानती है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना अंतर है उन्होंने कहा कि राष्ट्र को एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है और जो केवल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही दे सकते हैं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस ने घोषणा पत्र को जनभावनाओं और सामाजिक सुरक्षा पर आधारित दस्तावेज बताया है एक बयान में पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि ये दस्तावेज गरीबी उन्मूलन न्यूनतम आय गारंटी रोजगार क्रांति और देश के विकास को समर्पित है

नाहन में आज भाजपा महिला मोर्चा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि महिलाओं में राजनीतिक परिपक्वता और जागरूकता समाज व देश में बड़े बदलाव का संकेत है बिंदल ने कहा कि जिन क्षेत्रों में महिलाएं अपने अधिकारों और मूलभूत सुविधाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील और सजग हैं वहां विकास तीव्र गति से हुआ है किशन कपूर भाजपा नेता व कांगड़ा से पार्टी उम्मीदवार किशन कपूर ने चुनाव प्रचार अभियान के तहत आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के नौरा में युवा मोर्चा सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार ने वर्तमान कार्यकाल में आम आदमी के लिए काम किया है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की योजनाओं से भारत आज अग्रणी श्रेणी में आ चुका है भाजपा नेता विपिन परमार ने भी युवाओं को संबोधित किया आश्रय शर्मा कांग्रेस में शामिल होने और पार्टी टिकट लेने के बाद आश्रय शर्मा और पूर्व केन्द्रीय मंत्री पंडित सुखराम आज मंडी पहुंचे पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सलापड़ में उनका स्वागत किया आश्रय शर्मा ने कहा कि वे अपने दादा पंडित सुखराम की इच्छा पूरी करने के लिए मैदान में उतरे हैं और सभी के सहयोग से वे इसे साकार कर दिखाएंगे विज्ञापन लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए राजनीतिक विज्ञापनों का प्रमाणीकरण करवाना ज़रूरी है इसके लिए ज़िला स्तर पर मीडिया प्रमाणीकरण व निगरानी समिति गठित की गई है बिलासपुर जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक भाटिया ने बताया कि ये समिति प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर सभी प्रकार के विज्ञापनों और पेड न्यूज की श्रेणी में आने वाले समाचारों की भी गहनता से निगरानी कर रही है ज्ञापन लाहौल स्पीति की तोद घाटी के दारचा और कोलंग पंचायत के लोगों ने सर्दियों में बर्फबारी से अवरूद्ध हुई मूलभूत सुविधाएं जल्द बहाल करने की मांग की है इस मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों ने आज केलंग में उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा लोगों का कहना है कि घाटी में बर्फबारी से बंद सड़कें बहाल न होने और दूरसंचार सेवाएं बाधित रहने से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कार्यशाला आपदा प्रबंधन में मनोसामाजिक देखभाल विषय पर कार्यशाला आज शिमला में हुई शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस अवसर पर कहा कि आपदा के समय नुकसान कम करने के साथ साथ प्रभावितों की सुरक्षा और उनका मानसिक व शारीरिक विकास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है उन्होंने कहा कि मनोसामाजिक देखभाल से जहां आपदा प्रभावितों को भविष्य में पुननिर्माण के लिए जल्द तैयार किया जा सकता है वहीं इससे श्रम शक्ति के बेहतर प्रबंधन में भी मदद मिलती है पंजीकरण इस वर्ष होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण कल से शुरू हो गया है

श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले चिकित्सा परामर्श अवश्य लें